आने वाले त्यौहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की उन्होंने हमेशा मास्क लगाने हाथों की साफ सफाई रखने दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्वाओं के समर्पण से शक्ति मिली है उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है श्री मोदी ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की यह गति बनाये रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपील की है ट्वीट संदेश में श्री चौहान ने कहा कि हम सब स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन कर इस लड़ाई को जीतने में प्रधानमंत्री की मदद कर सकते हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में सबसे ऊपर है इधर प्रदेश में भी संक्रमण मुक्त होने वालों की दर बढ़ती ही जा रही है

हालांकि राहत की खबर यह है कि इन जिलों में नये प्रकरणों से ज्यादा स्वस्थ होकर घर लौटे जबलपुर में रोको टोको अभियान के तहत नगारिकों को मास्क पहने की हिदायत दी गई

भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना में पार्टी के प्रत्याशी रघुराज कंषाना के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया वहीं केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत आगामी रविवार को आगरमालवा में आयोजित मंडल सम्मेलन में शामिल होंगे उधर कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं

मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान चलाये जा रहे हैं शिवपुरी के करैरा में इसी के तहत आज सायकिल रैली निकाली गई

वायुसेना दिवस वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आज कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वायुसेना किसी भी विपरीत स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने में सक्षम है वायुसेना दिवस के अवसर पर आज आयोजित समारोह में श्री भदौरिया ने कहा कि वायुसेना ने किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए बड़ी जल्दी सभी आवश्यक तैनाती की है